बिहार और झारंखड के सैंतालीस हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को अगले वर्ष अप्रैल महीने से कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ का लाभ मिलेगा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को एडवोकेट जनरल की स्वीकृति मिल गयी है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार पीएफ मद में प्रत्येक महीने शिक्षकों के वेतन से एक हजार आठ सौ रूपये कटेंगे जबकि सरकार एक हजार नौ सौ पचास रूपये का अंशदान करेगी इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को पेंशन और कर्मचारी डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का भी लाभ मिलेगा प्रदेश में नशामुक्ति और हरियाली को लेकर अगले वर्ष इक्कीस जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्माण किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध दिवस पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की मुख्यमंत्री ने पुलिस मद्य निषेध और गृह विभाग के अधिकारियों को शराबबंदी और नशामुक्ति नीति के कार्यान्वयन और जागरूकता के लिए प्रतिदिन तीस मिनट बैठक करने का निर्देश दिया खेतों में पुआल और फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को अगले तीन वर्षों के लिए सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा कृषि विभाग ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त जिलाधिकारी और कृषि अधिकारियों को पत्र निर्गत किया है विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने बताया कि ऐसे किसानों की पहचान कर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा और उनका नाम डीबीटी पोर्टल से भी हटा दिया जायेगा उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों को चिन्हित करने का जिम्मा कृषि समन्वयकों को दिया गया है किन्नर संरक्षण और अधिकार विधेयक दो हजार उन्नीस को राज्यसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया है लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है यह विधेयक प्रत्येक किन्नर को अपने घर में ही रहने और परिवार में शामिल किए जाने का अधिकार देता है विधेयक भर्ती और प्रोन्नति सहित रोजगार मामलों में भी उनके खिलाफ भेदभाव पर पाबंदी लगाता है प्रदेश में प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना होगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों के संचालन के लिए एजेंसी चयन को लेकर निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री पांडेय ने बताया कि राज्य में नौ जगहों सासाराम पूर्णियां दरभंगा गया मुजफ्फरपुर किशनगंज मधेपुरा गोपालगंज और मधुबनी में ट्रॉमा सेंटर खोले जायेंगे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि प्रदेश के छह सौ छब्बीस इंटर कॉलेजों की सम्बद्धता पर विभागीय समीक्षा बैठक में अंतिम रूप से कोई फैसला किया जायेगा विधान परिषद में एक ध्यानकर्षण का जवाब देते हये उन्होंने कहा कि कॉलेजों की सम्बद्धता के लिए विज्ञापन निकाला गया था लेकिन कुछ ही कॉलेजों के कागजात विभाग को मिले हैं एक बार फिर विभाग ने दस्तावेजों की मांग की है सम्बद्धता से जुड़े सभी दस्तावेजों के अध्ययन के बाद ही इस संबंध में कोई अंतिम फैसला किया जायेगा मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में सेना बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गयी है बहाली प्रक्रिया के लिए बिहार और झारंखड के सैंतालीस हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है बिहार झारंखड के डीडीजी ब्रिगेडियर एच एस जग्गी ने बताया कि प्ररी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था अपनायी गयी है उन्होंने अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है पटना उच्च न्यायालय ने सरकार से प्रदेश के शवदाह गृहों की स्थिति पर कल तक रिपोर्ट देने को कहा है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिहं की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये यह निर्देश दिया याचिका में कहा गया है कि प्रदेश की आबादी के हिसाब से विद्युत शवदाह गृहों की संख्या नहीं के बराबर है और जो हैं भी वह चालू हालत में नहीं हैं प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से हल्का कोहरा छाया हुआ है हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से अधिक बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार दो दिसम्बर तक प्रदेश में मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा और तापमान सामान्य से अधिक रहने की सम्भावना है पटना और मुजफ्फरपूर से राजस्व खूफिया निदेशालय की टीम ने दो करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का गांजा जब्त किया है पटना के बख्तियारपुर के पास एक ट्रक से आठ सौ पचास किलोग्राम गांजा बरामद किया गया मौके से तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग में एक कंटेनर से एक करोड़ रूपये मूल्य से अधिक के गांजा के साथ तीन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है वहीं इसी थाना क्षेत्र के मैठी टॉल प्लाजा के पास कस्टम विभाग की टीम ने पचास लाख रूपये मूल्य की उन्नीस टन विदेशी सुपारी जब्त की है मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है निगरानी जांच ब्यूरो ने फर्जी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स कराने के नाम पर किए गए घोटाले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दो निदेशकों समेत दस लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है उत्पाद विभाग के मामलों की अलग सुनवाई के लिए मुजफ्फरपुर में दो स्पेशल कोर्ट का गठन किया जायेगा पटना हाई कोर्ट के आदेश पर विधि विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है एमबीबीएस और बीडीएस में नामांकन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अगले वर्ष होने वाली नीट का कार्यक्रम जारी कर दिया है दो से इकतीस दिसम्बर तक फॉर्म भरे जायेंगे वहीं प्रवेश पत्र सत्ताईस मार्च तक डाउनलोड किया जा सकता है परीक्षा का आयोजन तीन मई को होगा और परिणाम का प्रकाशन चार जून को किया जायेगा विशेष जानकारी एनटीए नीट डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है इस बार नीट के स्कोर पर ही एम्स और जिपमर में भी नामांकन होगा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए पांच सौ इक्यावन नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है हालांकि कल एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि कल तक निर्धारित है वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक व्यापारी से दस लाख रूपये लूट लिये वहीं पटना के दानापुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत मैनपुरा के पास अपराधियों ने एएसपी कार्यालय के सामने एटीएम काटकर आठ लाख रूपये लूट लिये कैमूर जिले के भभुआ में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने के तीसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है हाजीपुर में पिछले दिनों एक निजी फायनांस कंपनी से इक्कीस करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के सोना लूट कांड में एसआईटी ने जिले के बिद्रपुर में सात ठिकानों पर छापेमारी की है इस मामले में पुलिस ने अब तक चौदह लोगों को चिन्हित किया है औरंगाबाद जिले के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी की चपेट में आने से दो यात्रियों की मौत हो गयी बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र के मल्हीपुर दक्षिण में अपराधियों के दो गूटों के बीच गोलीबारी में कुख्यात जटहवा की गोली लगने से मौत हो गयी पुलिस मामले की जांच कर रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां बहुमत परीक्षण से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है महाराष्ट्र में बाजी पलटी उद्धव होंगे नये मुख्यमंत्री दैनिक जागरण ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने के फैसले से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने लिखा है छात्रों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए दसवीं और बारहवीं के परीक्षा पैटर्न को बदलेगा सीबीएससी प्रभात खबर की सुर्खी है इक्कीस भ्रष्ट टैक्स अफसर किये गये जबरन रिटायर दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने संविधान दिवस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया हे

बिहार और झारंखड के सैंतालीस हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल